झीरम घाटी कांड की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम एसआईटी की हुई पहली बैठक एनआईए से प्रकरण संबंधित दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर आगे की कार्यवाही किए जाने का लिया गया निर्णय

पंचायत सर्वे प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण और विकास के लिए गांवों का शत प्रतिशत सर्वे कर प्रत्येक गांव के संसाधनों के लिए नक्शा तैयार किया जाएगा अधोसंरचना के अनुसार कार्ययोजना बनाकर बजट उपलब्ध कराया जाएगा पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने मंत्रालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव के सर्वे के लिए दल गठित कर एक माह के भीतर ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी एकत्रित की जाए श्री सिंहदेव ने विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भूमिहीन और बेरोजगारों को प्राथमिकता के साथ स्व सहायता समूह से जोड़ने के लिए कहा है उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कम लागत वाली योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को देकर उन्हें रोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित करें जिससे हितग्राहियों को अधिक आमदनी प्राप्त हो सके श्री सिंहदेव ने मनरेगा के तहत मजदूरी दर में वुद्वि के लिए केन्द्र सरकार को पत्र भेजने के भी निर्देश दिए भूखंड पंजीयन प्रदेश में पांच डिसमिल से कम रकबे के भू खंडों की खरीदी बिक्री पर रोक हटा ली गई है इसके बाद से ऐसे भू खंडों के पंजीयन मे लगातार तेजी आ रही है वाणिज्यक कर पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग साढ़े चार सौ भू खंडों का पंजीयन किया गया है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे भू खंड धारकों को रजिस्ट्री में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए राजस्व विभाग को इसका निराकरण जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए थे राजस्व विभाग ने पूर्व में जारी आदेशों को स्थगित करते हुए नया आदेश जारी किया है जिसमें पांच डिसमिल से कम रकबे के भू खंडों पर खरीद बिक्री पर रोक हटा ली गई अब ऐसे भू खंडों का नामांतरण और पंजीयन आसान हो गया है केन्द्रीय खेल मंत्री केन्द्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि केन्द्र सरकार छोटी उम्र में खिलाड़ियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें प्रशिक्षण देकर उनकी खेल प्रतिभा को निखारा जा सके और उन्हें विश्व स्तर का चैम्पियन बनाया जा सके नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में खेल मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठा रही है केन्द्र रेल केन्द्र सरकार लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में पारंपरिक डिब्बों के स्थान पर आधुनिक एलएचबी डिज़ाइन के डिब्बे लगा रही है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बताया कि यह कार्य चरणबद्व तरीके से किया जा रहा है उन्होंने बताया कि एलएचबी डिब्बों की क्षमता और गति अधिक है तथा इनका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है निर्माण कार्य निरीक्षण राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता को स्थल निरीक्षण के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा है कि निर्माण कार्यो की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी अथवा लापरवाही नहीं होनी चाहिए उन्होंने इसके लिए निर्माण कार्य से जुड़े विभागीय मैदानी अधिकारियों को निर्माण कार्यों का मौका मुआयना नियमित रूप से करने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों ने बताया कि मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता के जांच दल ने रायगढ़ जिले के बरमकेला विकासखण्ड में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी गृह निर्माण मंडल लोक निर्माण और पंचायत विभाग के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण सहित विभिन्न कार्यो में कई तरह की खामियां पाई गई जिसे जल्द सुधारने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए सखी वन स्टॉफ सेंटर प्रदेश में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर पीड़ित और जरूरतमंद महिलाओं को एक छत के नीचे तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक सशक्त और सुलभ माध्यम बनते जा रहे हैं इन केंद्रों में अब तक लगभग ग्यारह हजार मामले दर्ज किये गए हैं इनमें से साढ़े सात हजार प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है वहीं तीन हजार से अधिक महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया है महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई विभागीय मंत्री अनिला भेंडिया ने सभी लंबित मामलों के निराकरण में गति लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं धान जब्त प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है इस दौरान धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कोचियों पर कार्रवाई की जा रही है कबीरधाम जिले में प्रशासन की टीम ने धान खरीदी केंद्रों और उसके आसपास के क्षेत्रों में जांच के दौरान लगभग साढ़े तीन हजार बोरा धान जब्त किया है वहीं धान के अवैध परिवहन के लिए उपयोग में लाए जा रहे ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है

पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठंक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से प्रकरण संबंधित दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर आगे की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया गौरतलब है कि राज्य सरकार ने झीरम घाटी में हुए हमले की जांच के लिए हाल ही में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है पांच साल पहले झीरम घाटी में हुए इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल पूर्व केन्द्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा समेत क्ल उनतीस लोगों की मौत हो गई थी निर्वाचन आयोग अनुग्रह राशि प्रदेश में विधानसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत दो कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अनुग्रह राशि जारी केर दी हैं मुख्य निर्वाचन पदधिकारी कार्यालय के मुताबिक जगलदपुर के उप वन क्षेत्रपाल यशवंत साहू का आकस्मिक निधन चौदह अक्टूबर को हो गया था वहीं भानुप्रतापपुर के सुखलाल यादव की मृत्यु निर्वाचन कार्य के दौरान हदयघात से हो गई थी इन दोनों के आश्रित परिवारों को दस दस लाख रूपए की अनुग्रह राशि दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने बताया कि चुनाव के दौरान माओवादी घटना में शहीद होने वाले जवानों और आम नागरिकों के आश्रितों को आयोग की तरफ से बीस लाख रूपए तथा घायलों को दस दस लाख रूपए दिए जाते हैं वहीं स्वाभाविक मृत्यु पर दस लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान है यह अनुग्रह राशि शासन द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता से अलग है कांग्रेस बैठक प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं इस कड़ी में आज रायपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों और नेताओं की बैठक हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए रणीनीति तैयार करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया कांग्रेस के प्रदेश प्रभार्श पीएल पुनिया ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे मौसम प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है बीते चौबीस घंटों के दौरान दुर्ग संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया जबकि बाकी संभागों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहा प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान सात दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के सीमांत उत्तरी हिस्से में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा और शेष इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है वहीं ऊपरी हवा में चक्रवात बने होने के कारण आकाश में बादल छाए रहेंगे इससे तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है मौसम विभाग ने आकाश साफ होने के बाद तापमान में पुनः गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना जताई है रेल भर्ती रेल मंत्रालय ने कनिष्ठ अभियन्ता डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक तथा धातुविज्ञान सहायकों के तेरह हजार चार सौ सत्यासी पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है इन पदों के लिए अधिसूचना रेल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की गई है